्र प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज हिन्डौनसिटी सीकर और बीकानेर में और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी भरतपुर में करेंगे जनसभाएं ्म मतदाता जागरुकता के लिए कई स्थानों पर आयोजित किये जा रहे सतरंगी सप्ताह का आज समापन

राज्य में चुनाव प्रचार के लिए दिग्गज नेताओं का आना जारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिण्डौनसिटी सीकर और बीकानेर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे बीकानेर में शाम को होने वाल प्रधानमंत्री की सभा के लिए सभी र्तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सभा स्थल पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे

केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज भी जयपुर में विजय संकल्प संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करेंगी वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज भरतपुर में चुनावी रैली करेंगे उनकी रैली के लिए भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सुरक्षा के माकूल इंतजाम कर लिये गये हैं उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तीन जिलों के दौरे पर हैं वे धौलपुर के मनिया में भरतपुर में और दौसा के लालसोट में जनसभा करेंगे इससे पहले आज उनके जन्मदिन पर जयपुर में कई लोगों ने उनसे मिलकर उन्हें शुभकामनाएं दीं इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए सभी देशवासी आगे आए और मतदान प्रक्रिया में भाग लें

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में देश में विकास के काम हुए हैं और लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हुआ है श्री राठौड़ आज जयपुर ग्रामीण सीट के विभिन्न स्थानों पर रोड शो भी करेंगे इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट आज आठ चुनावी सभाओं में भाग ले रहे हैं

आयोग ने श्रीमती वाड्रा को चुनाव प्रचार में शामिल किये गये बच्चों के बारे में विस्तृत जानकारी देने को कहा

हनुमानगढ से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस अवसर पर शहर में वोट मैराथन का आयोजन किया गया इस दौरान लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया गया

विभाग ने दोनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरु कर दी है

इस तूफान के प्रभाव से ओडिशा के कई इलाको में इस समय बारिश हो रही है

पुरी तट पर लोगों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी जा रही है सभी तटीय हवाई अड़डों पर अलर्ट जारी किया गया है तूफान के खतरे को देखते हुए प्रभावित इलाकों में स्कूल कॉलेज और सरकारी कार्यालयों को बन्द कर दिया गया है वहीं कोलकाता चैन्नई रूट की सभी रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है तूफान को देखते हुए सेना और वायुसेना की इकाईयों को चौकस रखा गया है गृह मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्रीय एजेंसियों के साथ लगातार सम्पर्क में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुफान के मद्देनजर केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाये रखने के निर्देश दिए हैं नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभू ने सभी विमानन कंपनियों से चक्रवात फानी के मद्देनजर राहत और बचाव कार्यो में मदद करने का अनुरोध किया है

इस सम्बन्ध में दो दिन पहले राज्य प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव ने भी बालोतरा का दौरा किया था इस दौरान उन्होंने ईटीपी और सीईटीपी इकाईयों में कई तरह की अनियमितताएं पाई थीं इसकी रिपोर्ट भी आज एनजीटी में पेश होगी बाडमेर जिले में कल अलग अलग सडक हादसों में दो लोगों की मौत हो गई

वहीं अलवर शहर में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी

आरोपियों ने अन्नपूर्णा दूध योजना के भुगतान के एवज में यह रिश्वत मांगी थी उधर पाली में भी एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए कल महिला और बाल विकास विभाग की एक अधिकारी को चार हजार रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा